बैंकों की आवास ऋण की दरें दस साल के न्यूनतम स्तर पर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

इसमें कार्यक्रम की तैयारियों के तौर तरीकों पर चर्चा की जाएगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली दो सौ उनसठ सदस्यीय समिति की बैठक वर्चअल माध्यम से आयोजित की जाएगी समिति में कई केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डा कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के अलावा पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगोड़ा और डॉ मनमोहन सिंह मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे तथा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमर्त्य सेन और कैलाश सत्यार्थी शामिल हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के प्रति सम्मान सुरक्षा और सशक्तिकरण का आह्वान किया है उन्होंने सभी से महिलाओं की प्रगति में बाधक बन रही क्रीतियों को समाप्त करने का संकल्प लेने का आग्रह किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के अदम्य साहस को नमन किया है अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा कि भारत राष्ट्र की महिलाओं की कई उपलब्धियों पर गोरान्वित है उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तीकरण को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करना उनकी सरकार के लिए सम्मान का विषय है गृहमंत्री अमित शाह ने भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति को नमन किया उन्होंने कहा कि नारी शक्ति साहस शौर्य और समर्पण का प्रतीक है गृहमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण हमेशा सरकार की नीतियों के केन्द्र बिन्दु में रहा है श्री शाह ने कहा कि यह गर्व का विषय है कि आज महिलाएं आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि सरकार ने ये सुनिश्चित करने के ठोस प्रयास किये हैं कि महिलाए सर्वोत्तम परिस्थितियों में काम कर सकें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अपने ट्वीट संदेश में श्री जावडेकर ने कहा कि सरकार ने अनेक प्रोत्सासहनों के जरिये कार्यबल में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया है उन्होंने कहा कि सरकार ने मातृत्व अवकाश नियमों में भी रियायत दी है झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेने ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार महिलाओं के मान सम्मान और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है विश्व में स्त्री प्रूष समानता महिला उपलक्षियों और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनकी उपस्थिति को दर्शाने के लिए यह दिवस हर वर्ष आठ मार्च को आयोजित किया जाता है इस वर्ष महिला दिवस का विषय है महिला नेतृत्वः कोविड काल में विश्व में समान भविष्य की प्राप्ति भारतीय महिलाओं ने देश को हमेशा गौरवान्वित किया है और जल थल तथा आकाश में अपनी अदम्य क्षमताओं को प्रदर्शित किया है

उन्होंने प्रसूति विभाग में दो बेटियों के जन्म पर उनके माता को देकर उपहार देकर सम्मानित किया

आज वर्ल्ड न्यूज कार्यक्रम में वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाली भारतीय महिलाओं पर विशेष प्रस्तुति प्रसारित की जाएगी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए आज केन्द्र सरकार के सभी पुरातात्विक स्थलों पर महिला पर्यटकों का प्रवेश निश्ल्क होगा भारतीय प्रातत्व सर्वेक्षण ने कहा है कि देशभर की सभी स्मारकों में भारतीय और विदेशी महिलाओं को निशुल्क प्रवेश दिया जाएगा केंद्र सरकार की महिलाओं को सशक्त करने की योजनाओं का लाभ गोड्डा में दिख रहा है महिलाओं के लिए बने स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम के सक्षम ग्रप और कृषि विकास केंद्र महिलाओं को सशक्त कर रहा है लाभान्वित महिलाओं का कहना है कि इन योजनाओं से उनकी आमदनी बढ़ रही है और समाज में आदर भी फिल्म प्रभाग बाल चित्र समिति के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर तीन दिन तक विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगा इस दौरान वृत चित्र और फीचर फिल्मों के साथ कई विषयों पर वेबिनार का आयोजन किया जायेगा

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं

इनमें चार सौ तिरसठ सक्रिय केस हैं जबकि एक लाख अठारह हजार सात सौ तीन मरीज ठीक हुए हैं अब तक राज्य में एक हजार तिरानबे मरीज की मौत कोरोना से हुई हैं वहीं प्रदेश में कोरोना की रिकवरी रेट अनठानबे दशमलव सात शुन्य प्रतिशत है राज्यभर में वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में कल कुल दो हजार छह सौ अठाईस लाभार्थियों ने वैक्सीन लिया इसमें साठ वर्षों से अधिक उम्र के दो हजार एक सौ अठारह तथा पैंतालीस से उनसठ साल के रोगग्रस्त पांच सौ दस लोगों ने वैक्सीन का पहला टीका लिया वहीं रांची में तीन सौ पचहत्तर बुजुर्गों और बारह बीमार लोगों ने टीका लगवाया इधर हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर का भी नियमित वैक्सीनेशन हआ इसमें क्ल छह सौ बयालीस लाभार्थियों ने वैक्सीन लिया अब तक राज्य के तीन लाख तेरह हजार सात सौ उनहत्तर हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर ने वैक्सीन का पहला टीका ले लिया है भारत ने दो करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाकर टीकाकरण अभियान में महत्वपूर्ण कीर्तिमान स्थापित किया है

खूंटी जिले में उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में तेजस्विनी परियोजना की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई

इस अवसर पर उन्होंने राज्यपाल से राज्य के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए सरकार द्वारा बजट में किये गये उपबंधों पर चर्चा की पूर्वी सिंहभूम जिले के बिष्टुपर में खरकई नदी के पास पावर्ती श्मशान घाट को इको फ्रेंडली बनाया जा रहा है

जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और डॉक्टर कर्ण सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत और बंगलादेश के बीच मैत्री सेत् का उद्घाटन करेंगे हमारे संववाददाता ने बताया है कि यह मैत्री सेतु फेनी नदी पर बनाया गया है जो त्रिपुरा राज्य और बंगलादेश में भारतीय सीमा के बीच बहती है साहिबगंज जिले में अलग अलग हादसों में दो लोगों की मौत हो गई है पहली घटना रांगा थाना क्षेत्र की है जहां बरहडवा बरहेट रोड पर ट्रैक्टर से कुचलकर एक मजदूर की मौत हो गई जबकि दूसरी घटना में साहिबगंज करमटोला रेलखंड के बीच ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति की मौत हो गई